ईद को लेकर बाजारों में देखी जा रही है काफी चहल पहल

ईद उल फितर का चांद अब तक कहीं से देखे जाने की प्रष्टि नहीं हुई है इस सिलसिले में अगला एलान आकाशवाणी पटना से आज रात दस बजे प्रसारित किया जायेगा इधर ईद को लेकर बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बाजारों में उत्सव का माहौल देखा जा रहा है लोग कपड़ों के साथ साथ सेवई सूखे मेवे और अन्य सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं प्रदेश के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए बत्तीस हजार शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया शुरू हो गयी है शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि सभी नियोजन इकाईयां चौदह जून तक मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगी सत्रह से इक्कीस जून के बीच डिग्री का मिलान होगा वहीं चौबीस जून को मेधा सूची का अनुमोदन और पच्चीस तारीख को इसे सार्वजनिक किया जायेगा चयनित अभ्यर्थियों के बीच अठाईस और उनतीस जून को नियोजन पत्र का वितरण किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले वर्ष स्वतंत्रता दिवस तक प्रदेश के सभी घरों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगा दिये जायेंगे श्री कुमार आज पटना में बिजली विभाग की लगभग छह सौ तिरानवे करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस अवसर पर उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सिंगल विडो सिस्टम का भी लोकार्पण किया इसके माध्यम से उपभोक्ताओं की सभी परेशानियों का हल एक ही जगह संभव हो सकेगा साथ ही मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के नये हेल्पलाइन नम्बर एक नौ एक दो की शुरूआत की उपभोक्ता इस द्रभाष संख्या पर अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले पांच वर्षो में बिजली प्रक्षेत्र पर पचपन हजार करोड़ रूपये खर्च किये गये हैं उन्होंने कहा कि बिजली की उपलब्धता के कारण प्रदेश के लोगों को अंधकार के यूग से बाहर निकाला जा सका है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 नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने लोगों से पौधा लगाने की सेल्फी लेकर भेजने का भी अनुरोध किया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 श्री जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं है और साफ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त करने में लोगों की भागीदारी भी जरूरी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती की स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण है नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रसार भारती को डिजिटल विस्तार के दौर में नई संभावनाएं खोजनी चाहिए

इसलिये बना कि उस पर कोई आंच न आये और हम भी यही चाहते हैं कि प्रसार भारती अच्छी तरीके से अपना काम करे नई नई योजनाओं को लाएं लोगों की बदलती हुई आदतों को समेट ले सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि पिछले पांच साल में दूरदर्शन की विश्वसनीयता बढ़ी है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचारों की प्रामाणिकता के कारण अन्य चैनलों से बहुत आगे है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की विभिन्न बसों में आज से मासिक पास सिस्टम लागू हो गया है परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला और विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने आज पटना में इसकी शुरूआत की मासिक पास सिस्टम में सामान्य महिला छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग पास रहेगा पटना शहर के अलावा रूट मासिक पास सिस्टम भी जारी होगा परिवहन सचिव ने बताया कि पटना से हाजीपुर के लिए बारह सौ रूपये पटना से बिहारशरीफ दो हजार नौ सौ और पटना से बिहटा के लिए एक हजार चार सौ रूपये में एक महीने तक सफर कर सकेंगे

निगरानी जांच ब्यूरो ने बिहार स्टेट फार्मेसी कांउसिंल पटना में पदस्थापित लिपिक राजू कुमार साह को बारह हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार लिपिक शिकायतकर्ता से दवा दुकान के निबंधन के एवज में रिश्वत ले रहा था सीवान सदर अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ मारपीट के विरोध में डॉक्टरों की जारी हड़ताल आज तीसरे दिन खत्म हो गयी डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले सिपाही की गिरफ्तारी के बाद चिकित्सक अपने काम पर लौट आये हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में सत्रह लोगों की मौत हो गयी खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र के गौछारी गांव के पास एक ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार चार लोगों की मौत हो गयी वहीं सीवान जिले के सिसवन थाना क्षेत्र के घुरघाट गांव के पास आज तड़के बस की चपेट में आने से तीन युवकों की मौत हो गयी बेगूसराय मे मिली जानकारी के अनूसार जिले के वीरप्र थाना क्षेत्र के कारीचक चौक के पास एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गयी इधर सहरसा से प्राप्त समाचार के अनुसार जिले के महिषी थाना क्षेत्र के बघवा गांव के निकट सड़क द्र्घटना में दो लोगों की मौत हो गयी नालंदा जिले के एकंगरसराय चौराहे पर दो पिकअप वैन की टक्कर में एक चालक की मौत हो गयी जबकि चौराहे पर बैठे एक दारोगा की भी इस हादसे में मौत हो गयी वहीं कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के नवाबगंज फुलवरिया के पास एक अनियंत्रित बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो यूवकों की मौके पर ही मौत हो गयी वैशाली और सीतामढ़ी जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में भी एक एक व्यक्ति की मौत की खबर है

आज पटना में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में श्री कुमार ने दो अक्टूबर गांधी जयंती तक प्रे प्रदेश को खुले में शौच मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया श्री कुमार ने वैसे लोग जो शौचालय निर्माण के बाद भी खुले में शौच जाते हैं उनकी आदतों में परिवर्तन के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा मौसम विभाग ने छह जून से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है इस दौरान तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी भी चलने की आशंका जतायी गयी है अगले अड़तालीस घंटे मौसम प्रायः शुष्क बना रहेगा आज गया उनतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा

वहीं बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र के दनियालपुर गांव से पुलिस ने पचास कार्टन शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है मौके से दो मोटरसाइकिल भी बरामद की गयी है वहीं अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने तीन शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड स्थित बेजपुरा गांव में उच्च क्षमता विद्युत तार की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गयी पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया गोपालगंज मुख्य पथ पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दो अपराधियों को आधा किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों की वाहन लूट के कई मामलों में भी पुलिस को तलाश थी शिवहर के जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतने के आरोप में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों की वेतन में कटौती का निर्देश दिया है

ईद को लेकर बाजारों में देखी जा रही है काफी चहल पहल